ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने आज मंडी में संगठनात्मक जिला सुंदरनगर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और निर्णयों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग व गरीबों के जीवन में आशातीत बदलाव आए मुख्यमंत्री ने कहा कि भिशन रिपीट को सफल बनाने के लिए पार्टी के सभी सात मोर्चो को आपसी तालमेल ँके साथ काम करना होगा इस दौरान पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कार्यकर्ताओ से संगठन की बेहतरी के लिए जमीनी स्तर पर लोगों से व्यापक सम्पर्क स्थापित करने का आहवान किया

ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान दी

विपिन परमार ने कहा कि थर्मल स्कीनिंग के बिना कोई भी व्यक्ति विधानसभा में प्रवेश नहीं कर सकेगा कोरोना महामारी के चलते सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए किसी भी आगंतुक को पास जारी नहीं किया जाएगा सर्वदलीय बैठक आज शिमला में विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई विधानसभा सत्र के संचालन में सहयोग के लिए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज माकपा विधायक राकेश सिंघा और विधायक होशियार सिंह के साथ हुई इस बैठक में कोरोना महामारी के चलते किए गए प्रबंधों की जानकारी दी बैठक के दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत करवाया उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर सदन की गरिमा का बनाए रखते हुए चर्चा में भाग लेंगे और प्रदेश व जनहित में सदन के समय का सद् पयोग करेंगे महेन्द्र सिंह विधानसभा सत्र से ठीक पहले जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट पॉज़िटिव पाई गई है उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लोगों से अपील की है कि जो भी लोग उनके सम्पर्क में आए हैं वे खूद को आइसोलेट कर कोरोना जांच करवा लें महेन्द्र सिंह ने बताया कि कोरोना के शुरूआती लक्षण दिखने पर उन्होंने टैस्ट करवाया था जिसकी रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि किसानों को प्राकृतिक खेती सिखाने के मकसद से राज्य के प्रत्येक विकास खंड में एक गौशाला में बेसहारा देसी गाय रखी जाएगी उन्होंने कहा कि देसी गाय प्राकृतिक खेती का आधार है और इन गौशालाओं में प्रशिक्षण भिलने से किसान जहां प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित होंगे वहीं देसी गाय की एहतियत भी समझेंगे

गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र ने आज शिमला में फोनलेन संघर्ष सभिति के मामलों के निवारण के लिए गठित कैबिनेट उपसभिति की बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने फोरलेन परियोजनाओं के कारण हुए नुकसान और मुआवजे से जुड़े मुददों का निर्घारण करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राज्य लोक निर्माण विमाग संबंधित जिला प्रशासन और ठेकेदारों के प्रतिनिधियों की समितियों को समयबद्ध रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए ताकि संबंधित मुददों का समाधान सुनिश्चित किया जा सके

उन्होंने अधिकारियों को मध्यस्थता के लंबित मामलों का शीघ्रता से निपटारा करने के निर्देश दिए

मेंट स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की और कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश में किए गए सभी सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें अवगत करवाया

उन्होंने राज्यपाल को महामारी से जुड़ी आवश्यक जानकारी दी और वर्तमान स्थिति से भी अवगत करवाया